मास्क पहनें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 हाथ और मुंह सॉफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को सुद्रढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है भारत खिलौना मेले का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया

उन्होंने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि देश के सदियों पूराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों ने सिंध् घाटी और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं के खिलौनों पर अनुसंधान किया है भारत में शुरू हुआ शतरंज का खेल विश्वभर में प्रसिद्ध है उन्होंने कहा कि भारत में शतरंज पहले चतुरंग या चदुरंग और लूडो को पच्चीसी के रूप में खेला जाता था प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बहुत बड़ी ताकत छिपी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इसमें और वृद्धि हो रही है उन्होंने कहा कि खिलौने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं इसलिए उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों के साथ खेलने का अनुरोध किया इस मेले में एक हजार से अधिक खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं

टीकाकरण के इस चरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं

एक करोड़ सात लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं केंद्र सरकार ने आज कहा कि केरल महाराष्ट्र पंजाब कर्नाटक तमिलनाड़ और ग्रजरात में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक आठ हजार तीन सौ तैंतीस नए मरीजों का पता चला केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए उचित सावधानी और कड़ी निगरानी रखने को कहा है

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन अदालतों और मामलों की ई फाइलिंग में वर्द्धि हुई है इससे न्याय तक पहुंच कायम करने में मदद मिली है और लागत में भी कमी आई है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

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के युट्यब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा संत रविदास जयंती आज देशभर में मनाई जा रही है भारतीय संस्कृति मुख्य रूप से उत्तर भारत में उनका गहरा प्रभाव है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 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृहमंत्री और मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं श्री रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा कि गुरु रविदास एक महान संत और धर्म सुधारक थे जिनका पूरा जीवन मानवता को समर्पित था उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने भी आज संत रविदास की जयंती पर उनका पृण्य स्मरण किया है प्रधानमंत्री ने टवीट संदेशों में कहा कि संत रविदास ने कई शताब्दी पूर्व समानता सदभावना और करुणा का संदेश दिया था जो सदियों तक देशवासियों को अनुप्राणित करता रहेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सन्देश में कहा है कि महान समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास ने भाईचारे और सभी को समान अवसर का संदेश दिया था इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश और झारखण्डवासियों को शुभकामनाएं दी हैं कोडरमा जिले में लाइसेंस के बिना खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी

पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोहों का उद्घाटन करते हुए श्री प्रसाद ने आज कहा कि सोशल मीडिया ने लोगों को सशक्त बनाया है उन्होंने कहा कि सरकार आलोचना का सम्मान करती है यहां तक कि नागरिक प्रधानमंत्री की भी आलोचना कर सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर नफरत फैलाने के लिए किया जाता है तो कार्रवाई करनी ही होती है लातेहार जिले के उपायुक्त अब् इमरान ने आज मोंगर पंचायत स्थित केडू गांव में जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया उन्होंने इस दौरान दो जन वितरण प्रणाली की दुकानों को बंद पाया इसके बाद उपयुक्त ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए रेलवे सुरक्षा बलों ने आज सुबह साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर मालदा टाउन किउल इंटरसिटी एक्सप्रेस से शरीब की अस्सी बोतलों को जब्त किया है इसे अवैध तरीके से बेचने के लिए बिहार ले जाया जा रहा था घटनास्थल से इस मामले में शामिल एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है